शिव मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनायें दी है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर सहित राज्य के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भारी भीड देखी जा रही है अनेक स्थानों पर लोगों द्वारा शिव बारातो का स्वागत किया जा रहा है

दोपहर में भोग लगाया गया उसके बाद भगवान ओमकारेश्वर की पालकी निकाली गयी जो कोठी तीर्थघाट पहॅची जहां पूजा अर्चना के बाद भगवान को नौका विहार कराया जायेगा और मंदिर में पालकी सम्पन्न होगी विदिशा जिले के उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में पीतल से ढका हुए कवच को हटा दिया गया है

हर वर्ष की तरह यहां सात दिवसीय मेला भी शुरू हो गया है राज्य के अन्य जिलों से भी महाशिवरात्रि के पर्व के मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं मोदी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धार जिले के दौरे पर रहेंगे वे षासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदान पर सभा को संबोधित करेंगे साथ ही आयुष्मान भारत के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे और विजय संकल्प रैली को लेकर धार षहर झंडे पोस्टर बैनर से पट गया है वहीं जिला प्रषासन भी तैयारियों को अंतिम रुप देने में लगा है सभा स्थल पर तीन मंच बनाऐ जा रहे हैं एक मंच से प्रधानमंत्री आमसभा को संबोधित करेंगे वहीं दूसरे मंच पर आयुष्मान भारत के हितग्राहियों से चर्चा करेंगे एक अन्य मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया है मोबाइल अध्यादेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है जिसमें मोबाइल सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने के लिए पहचान प्रमाण के तौर पर आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दी गई है लोकसभा से इस सम्बन्ध में विधेयक पारित होने लेकिन राज्यसभा की मंजूरी न मिलने के कारण अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था अध्यादेश में आधार अधिनियम से सम्बन्धित बदलावों को प्रभावी बनाया गया है संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार उपलब्ध न कराने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की सेवा प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जा सकता चाहे वह बैंक खाता खोलने से जुड़ी हो या मोबाइल फोन के सिम कार्ड के बारे में हो एफएम ट्रांसमीटर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम से लोगों को काफी जानकारी के साथ साथ लाभ भी मिला है श्री तोमर आज आकाशवाणी केन्द्र ग्वालियर के एफ एम ट्रांसमीटर का लोकार्पण कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का यह एफएम ट्रांसमीटर ग्वालियर संभाग के लिये एक सौगात है यह एफएम ट्रांसमीटर नियमित रूप से विविध भारती के कार्यक्रमों को अनुप्रसारित करेगा ये प्रसारण एफएम बैण्ड एक सौ एक दशमलव आठ मेगा हट्ज पर उपलब्ध रहेगा

उन्होंने आज सवेरे कोयम्बंटूर के निकट सुलूर के फाइव बेस रिपेयर डिपो को राष्ट्रपति द्वारा ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लिया बाद में संवाददाताओं से बातचीत में वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करने की कोशिश ही इसीलिए की क्योंकि भारतीय वायुसेना को अपनी कार्रवाई में सफलता मिली थी उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से हताहत होने वालों की संख्यां केवल सरकार ही बताएगी क्योंकि वायुसेना हताहतों की सही सही संख्यां का आकलन नहीं करती